संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार छह सौ अठहत्तर हुई

उत्तर बिहार के अठारह जिले रेड जोन में

राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति दो हजार सोलह में संशोधन को मंजूरी दे दी है इस नीति को इकतीस मार्च दो हजार पच्चीस तक के लिए प्रभावी बनाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी संशोधित नीति के तहत ऑटोमोबाईल कृषि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इथेनॉल उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ रक्षा संबंधी उपकरणों की उत्पादन इकाईयों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लकड़ी आधारित उद्योग को निगेटिव से प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है साथ ही नीति का दायरा बढ़ाते हुये कम से कम पच्चीस लाख रूपये के निवेश या बिहार के पच्चीस श्रमिकों को काम देने वाली इकाईयां ब्याज अनुदान और जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित अन्य लाभ ले सकेगी दूसरे राज्यों से उद्योग हटाकर बिहार लाने पर होने वाले खर्च का अस्सी प्रतिशत सरकार वहन करेगी कच्चा माल लाने और तैयार सामान भेजने पर भी अस्सी प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी वहीं सरकारी खरीद में राज्य में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी जायेगी संशोधित नीति के तहत यदि कोई विभाग आवेदक को उद्योग लगाने की अनुमति सात दिनों के भीतर नहीं देता है तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जायेगा मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार कोविड उन्नीस के कारण उत्पन्न रोजगार की समस्या के समाधान के लिए इस नीति में रोजगार सृजन के भी प्रावधान किए गए हैं नई नीति के तहत हर जिले में दो क्लस्टर विकसित किये जायेंगे जिससे क्शल कामगारों को उनके गृह जिले में ही रोजगार मिल सके इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और व्यावसायिक बिजली के कनेक्शन पर लॉकडाउन की अवधि में अप्रैल और मई महीने का फिक्स्ड चार्ज नहीं लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी इसके अलावा व्यावसायिक और मालवाहक वाहनों से लिये जाने वाले रोड टैक्स में बड़ी राहत देते हुये कैबिनेट ने इक्कीस मार्च से तीस जून तक की अवधि का कर इकतीस जूलाई तक जमा करने पर चालीस प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी इसके साथ ही हर साल पच्चीस सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक सौ नब्बे नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार छह सौ अठहत्तर हो गयी है नये मामलों में सबसे अधिक तेईस पटना से सामने आये हैं मध्रबनी से बाईस भागलपुर से अठारह गोपालगंज से चौदह अररिया से तेरह नवादा से ग्यारह और मुंगेर से दस मामलों की प्रष्टि हुई है गया कटिहार और सारण से नौ नौ बेगूसराय समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से आठ आठ सहरसा से पांच शेखपुरा औरंगाबाद पूर्णियां और नालंदा से तीन तीन लखीसराय सुपौल किशनगंज और पश्चिम चम्पारण से दो दो तथा दरभंगा जहानाबाद और सीवान से एक एक पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक सौ नवासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छह हजार छह सौ उनहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर लगभग सतहत्तर प्रतिशत है वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक सतावन लोगों की मौत हो चुकी है भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की है

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें सावुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है उत्तर बिहार के अठारह जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि ट्रफ लाईन के प्रदेश में लगातार स्थिति बदलने के कारण जिन हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है वहां भी बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों में बहादुरगंज और हायाघाट में सबसे अधिक एक सौ तीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी तैयबपूर चटिया और दाउदनगर में एक सौ बीस मिलीमीटर बोधगया गया और ठाक्रगंज में एक सौ दस मिलीमीटर जबकि अररिया मोतिहारी पामेरगंज हुसैनगंज और पचरूखी में नब्बे मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी राज्य में अब तक सामान्य से लगभग चौरासी प्रतिशत अधिक बारिश हुई है सिर्फ सहरसा जिले में सामान्य से दो मिलीमीटर कम बारिश हुई है इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है इस बीच बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में शेखपुरा और नालंदा जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेशभर में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी महानंदा गंडक ब्रढ़ी गंडक कमला बलान घाघरा और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है बागमती नदी का जलस्तर ढेंग में लाल निशान से ऊपर है वहीं महानंदा नदी पूर्णियां में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी डुमरीघाट में लाल निशान से पांच सेंटीमीटर ऊपर है इस बीच सुपौल के भीमनगर बराज से कोसी नदी में एक लाख अस्सी हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दोनों तटबंधों के भीतर नदी का पानी फैलने लगा है वहीं वाल्मिकीनगर बराज से गंडक नदी में बयासी हजार तीन सौ क्यूसेक पानी छोड़ा गया अररिया जिले में घाघी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बरदाहा में नदी पर बना आरसीसी पुल ध्वस्त हो गया है जिस कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क सम्पर्क टूट गया है जिले में परमा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण त्रिशूलिया घाट खरैया बस्ती और बसंतपुर में पानी फैलने लगा है इधर कटिहार में महानंदा रीगा और कमला नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ की आशंका बढ़ गयी है इस बीच बाढ़ की आशंका वाले जिले कटिहार किशनगंज अररिया सुपौल दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सारण और पटना में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के त्रंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच लाख आठ हजार नौ सौ तिरपन हो गई है वहीं देश भर में अब तक दो लाख पंचानवे हजार आठ सौ इक्यासी रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या पन्द्रह हजार छह सौ पचासी हो गई है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड उन्नीस पर उच्च स्तरीय मंत्रिसमूह की बैठक आज नई दिल्ली में होगी

जदयू और भाजपा समेत एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने का सुझाव दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में एनडीए की ओर से यह सुझाव दिया गया बैठक में राजद ने चूनाव के दौरान वर्चअल कांफ्रेंस का विरोध करते हये घर घर जाकर जनसम्पर्क करने की अनुमति की मांग की इधर निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से सोमवार तक लिखित तौर पर चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर राय मांगी है इसके बाद आयोग कोरोना के मद्देनजर चुनाव प्रसार का एसओपी तय करेगा केन्द्र सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों को पन्द्रह जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह रोक अन्तरराष्ट्रीय कारगो विमान और डीजीसीए की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि कक्षा दस के विद्यार्थी यदि संतुष्ट न हों तो परीक्षा देने का विकल्प अपना सकते हैं मंत्रालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि कक्षा दस के विद्यार्थियों की कोई परीक्षा नहीं ली जायेगी और आकलन योजना के आधार पर सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों को अंतिम माना जायेगा राज्य में आगामी उनतीस तारीख तक ऑनलाईन दाखिल खारिज ऑनलाईन लगान और परिमार्जन का कार्य स्थगित रहेगा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सर्वर मेंटेनेन्स के कारण ये सभी कार्य स्थगित हैं लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से बिहार लौटे कामगारों को सड़क निर्माण क्षेत्र में काम उपलब्ध कराने के लिए आज पथ निर्माण विभाग विशेष काउंसलिंग शिविर का आयोजन कर रहा है विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि पैंसठ डिविजन में लगने वाले इस शिविर में कुशल कामगारों की पहचान कर उन्हें उनके घर के पास ही काम उपलब्ध कराया जायेगा दूसरे राज्यों से लौटे बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए शिक्षा विभाग एक जुलाई से पन्द्रह जुलाई तक नामांकन पखवाड़ा चलायेगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि इस अभियान के तहत दूसरे राज्यों से लौटे बच्चों के साथ साथ स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की भी पहचान कर उनका नामांकन करवाया जायेगा राज्य महिला आयोग पांच जुलाई से जिलावार मामलों की सुनवाई करेगा आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने बताया कि इसकी शुरूआत बक्सर से होगी उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज दिया गया है पटना के बहचर्चित गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में चार जूलाई से बहस होगी पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने अंतिम बहस के लिए यह तारीख निश्चित की है फसल को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों का दल कल मुजफ्फरपुर होते हुये कैमूर सीवान और गोपालगंज पहुंचा हजारों की संख्या में टिड्डी दल के आने से धान के बिचड़े के नष्ट होने की सूचना है टिड्डियों से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा ऑपरेशन चलाकर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है इधर मगध प्रमंडलीय आयुक्त ए सी आओ के निर्देश पर टिड्डियों से निपटने के लिए गया में मॉकड्रिल किया गया कृषि विभाग ने टिड्डी संकट के चलते औरंगाबाद और गया जिले को अलर्ट पर रखा है टिड्डी दल के आज चम्पारण इलाके में प्रवेश की आशंका है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क द्र्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गयी समस्तीपुर और औरंगाबाद से दो दो तथा बेगूसराय से एक व्यक्ति की मौत की खबर है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर लिखता है बिहार में निवेश को आने वाली कम्पनियों में बीस फीसदी नौकरी प्रवासी मजदूरों को दैनिक जागरण की सुर्खी है जदयू और भाजपा ने दिया सुझाव एक चरण में हो प्रदेश में चूनाव हिन्दुस्तान ने ड्राईविंग लाईसेंस नियमों में कलर ब्लाईंड लोगों को ढील देने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर लिखता है अब लद्दाख के देपसांग में अठारह किलोमीटर अन्दर घूसी चीन की सेना तनाव बढ़ा आज ने एसबीआई द्वारा ग्राहकों को साईबर अटैक की चेतावनी देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा लिखता है अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने पन्द्रह जुलाई तक निलंबित और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य सरकार ने संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी

संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार छह सौ अठहत्तर हुई

उत्तर बिहार के अठारह जिले रेड जोन में